प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये झारखंड समेत सभी राज्यों में कोरोना वायरस के संकमण से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने इस वैष्विक महामारी की रोकथाम के लिए राज्यों द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी ली प्रधानमंत्री ने कहा कि देष वैष्विक संकट से जुझ रहा है और ऐसे में हर किसी का सहयोग आवष्यक है इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हए बाईस मार्च को सवेरे सात बजे से रात नौ बजे तक जनता कर्फ्यू की अपील की उन्होंने कहा कि इस दौरान केवल आवश्यक सेवा में लगे लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से डॉक्टरों चिकित्सा कर्मियों और सफाई कर्मचारियों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का भी अनुरोध किया कोरोना वायरस के फैलते संकमण को लेकर राजभवन भी गंभीर है

राज्यपाल ने राज्य के इन आलाधिकारियों को कई आवष्यक दिषा निर्देष भी दिये

कोरोना वायरस को लेकर मास्क और सेनिटाइजर की कालाबाजारी पर राज्य सरकार गंभीर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के उपायुक्त और पुलिस को मामले में संज्ञान लेते हुए उचित दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देष दिया है इस बीच आज मुख्यमंत्री के शरीर का तापमान भी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा स्कैन किया गया मुख्यमंत्री के शरीर का तापमान सामान्य पाया गया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

इनमें बत्तीस विदेशी नागरिक हैं बीस लोगों को संक्रमण मुक्त करने के बाद छट्टी दे दी गई है

देश के विभिन्ने हवाई अड्डो पर चौदह लाख इकतीस हजार यात्रियों की जांच की गई है

अमेरिका से लौटने के बाद आज महगामा से कांग्रेस विधायक दीपिका सिंह पांडेय ने खुद को कुछ दिनों के लिए क्वारेंटाइन में रखने का फैसला किया है उन्होंने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी फिलहाल उन्हें रिम्स केआइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनका ब्लड सैंपल जांच के लिए जमशेदपुर भेज दिया गया है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता श्रृंखला पर परिचर्चा प्रसारित करेगा

झारखंड विधानसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने दो बार पहले बारह बजे और फिर दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर भाजपा विधायक सीपी सिंह द्वारा की गयी टिप्पणी के बाद सत्ता पक्ष के विधायक आकोषित हो गये और वे वेल में पहंच कर हंगामा करने लगे विपक्ष के विधायकों ने भी वेल में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया इस दौरान दोनों ओर से तीखी नोकझोंक हई निर्भया सामूहिक द्वष्कर्म मामले के चारों दोषी पवन गुप्ता विनय शर्मा अक्षय ठाकुर और मुकेश सिंह को आज सवेरे दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई इससे पहले दोषियों ने फांसी से बचने के लिए हरसंभव कानूनी उपायों का इस्तेमाल किया था निर्भया मामले के दोषियों की फांसी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अंततः न्याय हआ इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसे न्याय की जीत बताया है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आज शाम राजभवन जाकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की पार्टी के प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाष के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा में पॉर्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिये जाने के मामले में ज्ञापन सौंपा भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज विधानसभा में शक्ति परीक्षण से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है कमलनाथ के इस्तीफे के बाद अब राज्य में भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है संक्षिप्त खबरें उपराजधानी दुमका में गुजरात और दिल्ली से पहुंचे तीन लोगों को आइसोलेषन वार्ड ले जाया गया जहां जांच के बाद तीनों को छुट्टी दे दी गयी

कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए झारखंड अधिविद्य परिषद ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की तिथि बढ़ा दी है देवघर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए छह चेक पोस्ट बनाये गये हैं इन चेक पोस्ट पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है

इस दौरान उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने लोगों से विषेष सतर्कता बरतने की अपील की